शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं प्ररा करने को कहा

जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन निर्माण में पारम्परिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होगा उन्होंने पार्किंग सहित परिसर को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हरित क्षेत्र सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए शुमकामनाएं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नया साल प्रदेशवासियों के जीवन में ख्रशियां व समुद्धि लेकर आएगा उन्होंने लोगों से सामाजिक बुराईयां समाप्त करने और कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए आगे आने का आह्वान किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाईयां हासिल करेगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं नववर्ष इस बीच नववर्ष मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रूख कर रहे हैं इसके मद्देनज़र प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

उन्होंने पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है उन्होंने कहा कि सड़क किनारे शराब का सेवन व हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी उधर लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है अटल टनल रोहतांग व लाहौल घाटी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं

बोर्ड परीक्षा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के मद्देनज़र वार्षिक परीक्षा संबंधी बनाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर को सौंप दिया है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रस्ताव में परीक्षाएं प्रातःकालीन व सांयकालीन सत्र में करवाए जाने की बात कही गई है इसके अलावा गैर बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च में जबकि बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में करवाने का ज़िक्र किया गया है नकसान जायजा हमीरपुर ज़िले में बीते मॉनसून के दौरान हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए आज एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केन्द्रीय दल ने ज़िले का दौरा किया कृषि मंत्रालय के निदेशक विपिन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस तीन सदस्यीय दल ने ज़िले के बड़सर उपलण्डल में जब्बल खैरियां पुंघ व अवाहदेवी का दौरा कर नुकसान का जायज़ा लिया